कोविड महामारी के ख़िलाफ़ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल देश में कोविड की स्थिति तथा राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में टीकाकरण की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार कल नरेन्द्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियों कांफेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे

टीकाकरण के पहले चरण में एक करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों तथा दो करोड़ अग्रिम पंक्ति के कमचारियों को टीका लगाया जायेगा इसके बाद पचास वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को यह टीका लगाया जायेगा हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा देश में दो कोरोना वैक्सिन को मंजूरी मिली है इनमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सिन शामिल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन के लिए देश के वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त किया है

उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए सभी कोरोना वॉरियर्स जिनमें डॉक्टर पैरा मेडिक्स इत्यादि शामिल हैं का भी अभिनन्दन किया

श्री योगी ने प्रदेश की जनता से कोरोना प्रोटोकॉल का निरन्तर पालन करने की भी अपील की उन्होंने कहा कि अभी भी मास्क लगाना दो गज दूरी बनाए रखना अत्यन्त आवश्यक है प्रदेश के सभी जनपदों में कोरोना वैक्सिनेशन का फाइनल ड्राई रन कल आयोजित किया जायेगा अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने पत्रकारों को बताया कि राज्य के पन्द्रह सौ केन्द्रों पर ड्राई रन का अभियान चलाया जायेगा टीका लगाने के दौरान किसी भी तरह की परेशानी होने पर तत्काल इलाज मुहैया करवाने के लिए हर जिले में पर्याप्त संख्या में बेड आरक्षित कर लिये गये हैं

प्रदेश में आठ सौ पचास केन्द्रों पर टीकाकरण अभियान चलाया जायेगा शिक्षा मंत्रालय ने कोविड महामारी की वजह से विस्थापित हुए बच्चों की पहचान करने स्कूल में उनके दाखिले और उनकी शिक्षा जारी रखने के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं

शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों का मुख्य जोर शिक्षा में व्यवधान का सामना करने वाले बच्चों की पहचान करना और इस तरह के बच्चों की शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था करने के लिए दाखिला अभियान चलाने पर दिया गया है इसके लिए स्वयंसेवकों स्थानीय अध्यापकों और सामुदायिक भागीदारी की मदद ली जाएगी ये लोग घर घर जाकर इस तरह के बच्चों का पता लगाएंगे और उनको स्कूलों में दाखिल कराने के लिए कार्य योजना बनाएंगे

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि वैक्सिनेशन को लेकर अफवाहों और जरूरी नियमों का पालन करने के बारे में लोगों को लोकगीत के माध्यम से जागरूक करने में सचल प्रदर्शनी कारगर साबित होगी

प्रदेश के सभी जनपदों में आज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला आयोजित किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरूखाबाद के सकिसा पीएचसी में आरोग्य मेले का शुभारंभ किया उन्होंने मेले में स्वास्थ्य और कृषि विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सरकारी योजनाओं के बाइस लाभार्थियों को सम्मानित किया इस अवसर पर उन्होंने कई परियोजनाओ का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया बाद में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जनपदों में प्रत्येक रविवार को लगने वाले आरोग्य मेले में लोगों को स्वास्थ्य और पोषण संबधी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है मुख्यमंत्री ने फर्रूखाबाद में संकिसा स्थित प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल स्तूप का भी भ्रमण किया उन्होंने कहा कि फर्रूखाबाद में पर्यटन और रोजगार की अपार संभावनएं हैं उन्होंने कहा कि संकिसा को बौद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ कुशीनगर श्रावस्ती और लुम्बिनी के साथ जोड़कर विकसित किया जा सकता है प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने लखनऊ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उजरियांव में आरोग्य मेले का शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत सभी शहरी और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वास्थ्य कैंप लगाकर गरीबों का निःशुल्क उपचार किया जायेगा स्वास्थ्य मेलों में टीबी मलेरिया दिमागी बुखार फाइलेरिया सहित विभिन्न बीमारियों से ग्रसित रोगियों को विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श एव जांच की सुविधा दी जायेगी इसके साथ ही आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरण तथा कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उनके उपचार की समूचित व्यवस्था की जायेगी जौनपुर मऊ चंदौली सीतापुर कन्नौज मिर्जापुर बहराइच सहित सभी जनपदो में आरोग्य मेले आयोजित कर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर लाभान्वित किया गया कानपुर चिड़ियाघर में लाल जंगली मुर्गों की मौत बर्डफ्लू से होने की पुष्टि हो गई है बर्ड फ्लू का प्रदेश में यह पहला मामला है चिड़ियाघर के निदेशक डॉ सुनील चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि बर्डफ्लू के मामले का पता चलने के बाद चिड़ियाघर को बंद करा दिया गया है तथा क्षेत्र के आसपास हाई अलर्ट घोषित किया गया है उन्होंने बताया कि चिड़ियाघर में सभी प्रजातियों के पक्षियों की कड़ी निगरानी की जा रही है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट मंगलवार को मृत पाए गए दो लाल जंगली मुर्गो के स्वैब के नमूनो को भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैब को जांच के लिए भेजा था कल शाम इस प्रयोगशाला से जांच में यह सुनिश्चित हो गया कि इन चिड़ियों की मौत एवियन इनफ्लुएंजा के कारण ही हुई है इस पुष्टि के बाद चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर कदम उठाये गए हैं जिससे कि यह बर्ड फ्लू इस कैंपस से बाहर न जाए और अन्य जानवरों में न फैले सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आम दर्शकों के लिए चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है बाहरी प्रवासी पक्षियों से चिड़ियाघर को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं गौरतलब है कि यहां पर आकर प्रवासी पक्षी जाड़े की ऋत् में अपना आश्रय बनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बर्डफ्लू को लेकर पहले ही निर्देश जारी कर चुके हैं एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

मासिक रेडियो कार्यक्रम का यह तिहत्तरवां संस्करण होगा